वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी सुधारों पर है उन्होंने आठ सेक्टर्स पर ध्यान देने की बात करते हुए कहा कि कोयला क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को खत्म किया जाएगा उन्होंने बताया कि सरकार पांच सौ कोयल ब्लॉक्स की नीलामी करेगी

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढावा दिया जाएगा वित्त मंत्री ने बताया कि छह और हवाई अड्डो की नीलामी की जाएगी साथ ही इंडस्ट्रियल कलस्टर बनाए जाएंगे वित्त मंत्री की घोषणाओं पर राज्य के व्यवसाईयों ने ख्शी जताई है झालावाड के दवा व्यवसायी राजेश क्मार ने कहा कि सरकार की इन घोषणाओं से व्यापारिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी

चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में अभी घोषणा की जानी है

जयपुर एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बलहारा ने बताया कि क्छ उड़ानें वाया दिल्ली तथा कुछ उड़ानें सीधे आएगी जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं

इस बीच केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी लेने और राज्यों के बीच तालमेल बनाने के लिए ऑनलाईन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एनएमआईएस का उपयोग करने को कहा है राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा भौगोलिक सुचना प्रणाली जीआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर सूचनाए उपलब्ध रहेंगी और इससे प्रवासियों को भेजने और प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को ऑनलाइन स्वीकृति देने में मदद मिलेगी यह प्रणाली राज्यों के बीच संपर्क में भी मदद करेगी

आज अलवर से दो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रवासियों को लेकर रवाना होगी जिला कलक्टर ने बताया कि पहली ट्रेन शाम चार बजे बिहार के छपरा के लिए प्रस्थान करेगी वहीं दूसरी ट्रेन रात को दस बजे उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जायेगी

अपने घर वापसी से मजदूर काफी खुश नजर आये श्रमिक शत्र्धन यादव ने राज्य सरकार का आभार जताया वहीं कल तेलंगाना से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन राजस्थान के प्रवासियों को लेकर बीकानेर पहुंची रेलवे स्टेशन पर इनकी स्क्रीनिंग के बाद इन्हें रोडवेज बसों से इनके गतव्य की ओर रवाना किया गया

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों तथा निर्माण कार्यो से जुडे श्रमिकों की ऑनलाइन मैपिंग की जाए श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम विभाग की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपदा के इस दौर में श्रमिकों को संबल देना हमारा दायित्व है दूसरी तरफ उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग आने वाले श्रमिकों की योग्यता एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करे ताकि ये श्रमिक उद्यमों में नियोजित होकर अपनी आजीविका अर्जन कर सकें श्री गहलोत ने कहा कि समय की जरूरत के अनुसार श्रम कानूनों में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में घोषित प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन को भी मंजूरी दी इधर राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जरूरतमंदों को बिना राशनकार्ड के भी राशन सामग्री देने के निर्देश दिए है

एक संक्रमित व्यक्ति अन्य राज्य का है जयपुर में जिला जेल संकमण के नये केन्द्र के रूप में उभरकर सामने आई है